ये दोनो अध्यादेश कृषि उपज के निर्बाध व्यापार और किसानों को उनकी पंसद के खरीदारों से जुडने का अधिकार प्रदान करेंगे कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल सभी मुख्यमंत्रियों का पत्र लिखकर इन अध्यादेशों की जानकारी दी और सुधारों को अमल में लाने के लिये उनसे सहयोग का आग्रह किया उन्होंने नये सुधार के माहौल में कृषि क्षेत्र की वृद्धि और विकास में उनसे निरंतर सहयोग का अनुरोध किया

वहीं एक अन्य राज्य के व्यक्ति में भी कोरोना संकमण की पुष्टि हुई है

प्रदेश में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना लागू होगी साथ ही पुलिसकर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में स्थायी पास की योजना भी शुरू की जायेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉफेंन्सिंग के जरिए पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से लेकर थाना स्तर तक के अधिकारियों से संवाद किया इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए हाउसिंग बोर्ड यूआईटी जेडीए सहित अन्य संस्थाओं के माध्यम से आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी वहीं पुलिस लाइन आर्म्ड बटालियन और पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही पुलिसकर्मियों का निशुल्क वार्षिक चिकित्सा परीक्षण कराया जाएगा

प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से संचालित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रूकी हुई प्रवेश प्रकिया आज से फिर शुरू हो गई है